रेलवे आरक्षण भारतीय रेलवे ने आरक्षित टिकटों की ब्किंग के लिए आज से चरणबदध तरीके से आरक्षण काउंटर खोलने का निर्णय किया है रेल मंत्रालय ने बताया कि ज़ोनल रेलवे को स्थानीय जरूरतों और हालातों के हिसाब से आरक्षण श्रू करने के बारे में निर्णय करने का निर्देश दिया गया है ज़ोनल रेलवे से कहा गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करें और स्वच्छता के मानदंडों को अपनाएं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि द्रदराज के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा कम उपलब्ध है या बिलकुल उपलब्ध नहीं है

आत्मनिर्भर भारत अभियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रदेश में तत्परता से लागू कर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए श्री चौहान कल मंत्रालय में आत्मनिर्भर भारत योजना के संबंध में उद्योग एवं संबंधित विभागों की बैठक ले रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्योगों के क्षेत्र में तेज गति से विकास के लिए रोडमैप तैयार किया जाए श्री चौहान ने कहा कि इंदौर भोपाल इंडस्ट्रियल कॉरीडोर को विकसित करने में पूरी ताकत लगाई जाए प्रदेश में इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी विकसित की जाएं औदयोगिक अधोसंरचना का अधिक से अधिक विकास किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मिनरल एवं गैस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं लेकिन अभी तक उनका समुचित दोहन नहीं किया गया

मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच आज से यहां प्लाजमा थेरेपी से उपचार श्रू किया जाएगा

कल कोकोमटा क्वारंटाइन सेंटर में पांचवें मरीज की प्ष्टि हई शिवपुरी जिले में एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है जिले के पोहरी में एक य्वती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है जो महाराष्ट्र से ई पास के जरिए शिवप्री आई थी

उधर ग्ना जिले के बापचा लहरिया के कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है जिसके बाद उसे आज जिला चिकित्सालय से छ्ट्टी दी जाएगी नीमच में भी कल प्राप्त दोनों रिपोर्ट निगेटिव आई है

आगरमालवा में कलेक्टर संजय क्मार ने बड़ौद में घोषित दो क्षैत्रों को कन्टेनमेन्ट मुक्त घोषित किया है

गौरतलब है कि डॉ प्रकाश इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में शिश् रोग विशेषज्ञ के पद पर में पदस्थ है

रमजान अपील आज रमजान महीने का आखिरी श्क्रवार है इसे अलविदा का ज्मा कहा जाता है इस दिन सामुहिक नमाज की काफी अहमियत मानी जाती है हालांकि इस बार लॉकडाउन के कारण लोग घरों पर ही जुमे की नमाज अदा करेंगे

रायसेन शहर काजी मोहम्मद जहीरूददीन ने भी कहा है कि इस बार ईद का त्यौहार सादगी से मनाया जाएगा

नीमच में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई

टिड्डी हमला टिड्डियों के दल ने मालवा अंचल के जिलों में फसलों को नुकसान पहंचाया है इसके आगे बढ़ने की आशंका को देखते हए अशोकनगर में कंट्रोल रूप स्थापित किया गया है वहीं आगरमालवा में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति व उडनदस्ते का गठन किया गया है उधर बैत्ल जिले में भी किसानों से सतर्क रहने को कहा गया है

भोपाल स्थिति मौसम विज्ञान केन्द्र के अन्सार कल से प्रदेश में तापमान में और बढोत्तरी होगी

वहीं वर्तमान आयुक्त ऋषि गर्ग मंत्रालय में उपसचिव होंगे